निर्मला सीतारामन ने आज वित्त मंत्रालय का पदभार संभाला इससे पहले संतोष गंगवार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रभार प्राप्त किया नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गंगवार ने कहा कि वे असंगठित क्षेत्र की बेहतर के लिए कार्य करेंगे और जो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनकी सामाजिक स्रक्षा सुनिश्चित करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार संभाला उन्होंने कहा कि आज कि दुनिया में जलअभाव सबसे बड़ी चुनौती है इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संबंधी सभी मुद्दों को जल शक्ति मंत्रालय में समाहित कर दिया है उन्होंने कहा कि विश्व के कुल पेयजल का केवल चार प्रतिशत भारत में है और सरकार इसकों संरक्षित करने को सुनिश्चित बनायेगी पीयूष गोयल ने रेलवे और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाला मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया है जिसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं डॉ एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय और प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है संवाददाताओं से बातचीत ने श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूलतत्व है उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटा गया था और वह समय मीडिया के लिए काला दिन था रामविलास पासवान ने उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पद्भार संभाल लिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री का पद्भार संभाल लिया है शिक्षा विभाग़ ने राज्य के सभी अभिभावको से गैर मान्यताप्राप्त संस्थानों में दाखिला लेने से बचने की चेतावनी देते हुए किसी भी निजी विद्यालयों में दाख़िला लेने से पहले उचित दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी है राज्य शिक्षा विभाग ने कल एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकारी मान्यता और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना निजी संस्थानों को चलाना गैर कानूनी है और ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम दो हजार नौ की धारा अट्ठारह तथा अरुणाचल प्रदेश शिक्षा अधिनियम दो हजार दस के उल्लंघन के खिलाफ है तालिहा विधायक न्यातो रिगिया ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी विकास को लाने के लिए सड़क एवं परिवहन संपर्क सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में वे अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क को उच्च प्राथमिकता देगी इस बीच पालिन विधायक बालो राजा ने कहा कि क्षेत्र का विकास उचित संपर्क और संचाड़ पर निर्भर है उन्होंने अपने जिले में सड़क संपर्क एवं ब्रनियादी संरचनाओं के अलावा पालिन के निकट पचास बिस्तरो वाला अस्पताल और विद्यालयों की बुनियादी ढांचों के उन्नयन सहित कई योजनाओं को लाने का आश्वासन दिया असम के धेमाजी पुलिस ने गत मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले में असम अरुणाचल सीमा पर तलाशी अभियान के दौरान एक नाबालिक सहित सात ड्रग्स बेचनेवाले को पकड़ा प्रलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों से करीब पचास ग्राम हेरोइन भी जब्त किया इस संबंध में जोनाइ पुलिस स्टेशन में एन डी पी एस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और अगले दिन गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विभाग एवं तकनिकी संस्थान नेरिस्ट ने हाल ही में निरजुली में स्थानीय उत्पादित उत्पादों की उद्यमिता के माध्यम से जनजातिय सशक्तिकरण विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की नेरिस्ट ने जी बी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान और असम स्थित तेजपूर विश्वविद्यालय के सहयोग से इस संगोष्ठी का आयोजन किया संगोष्ठी के दौरान सी एम एस के सहायक प्रोफेसर डॉ एम माल ने कृषि गतिविधियों के साथ स्थायी आजीविका विकल्प अपनाने के महत्व पर जानकारी दी नेरिस्ट के निदेशक प्रोफेसर एच एस यादव ने भी समारोह को संबोधित किया आज विश्व तंबाकूरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य पर तंबाक्र के इस्तेमाल के दुष्प्रभा और कैंसर के लिए जिम्मेदार तंबाकू उत्पादों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है राज्य के अन्य हिस्सों में भी विश्व तंबाकूरोधी दिवस के उपलक्ष्य में जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गए तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन में आयोजित जनजागरुकता कार्यक्रम में जिला उपायुक्त हिमांशु ग्रप्ता ने कहा कि अस्पताल विद्यालय सहित सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के बाबजूद बड़े पैमाने पर सेवन चिंता का विषय है वही राजीव गांधी केंद्र विश्वविद्यालय रोनो हिल्स में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षको विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तंबाक्र उत्पादो का सेवन न करने की शपथ ली